अभिभाषण राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने कहा है कि प्रदेश सरकार ने पिछले एक वर्ष के कार्यकाल के दौरान सबका साथ सबका विकास के मूल मंत्र को आधार बनाते हुए नीतियों और कार्यक्रमों का पुनर्निधारण किया है आज शिमला में शुरू हुए प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के शुभारंभ अवसर पर अपने बजट अभिभाषण में राज्यपाल ने ये बात कही उन्होंने कहा कि सरकार ने पहले ही वर्ष में अधिकतर चुनावी वायदों को प्रभावी ढंग से पूरा किया है

राज्यपाल ने कहा कि इसके अलावा सरकार ने किसानों व बागवानों के कल्याण के लिए कई जनकल्याणकारी योजनाएं शुरू की हैं जिनका उन्हें लाभ मिल रहा है

इसके अलावा भांग और अफीम की खेती नष्ट करने के लिए भी नियमित अभियान चलाए जा रहे हैं अलग अलग माध्यमों से विभिन्न अभियान चलाए जा रहे हैं ताकि नशीली दवाओं के विरूद्ध युवाओं में जागरूकता पैदा की जा सके

सर्वदलीय बैठक विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने बजट सत्र शुरू होने से पहले आज एक बैठक की इस दौरान संसदीय कार्य मंत्री सुरेश भारद्वाज और विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री ने सत्र को सुचारू रूप से चलाने का उन्हें आश्वासन दिया

उन्होंने कहा कि सभी सदस्यों के रचनात्मक सहयोग से ही विधानसभा सत्र सफल हो सकता है सड़क सप्ताह केन्दीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा आज से राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है इस वर्ष इस सप्ताह का थीम सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा रखा गया है इस दौरान लोगों को सड़कों के सुरक्षित उपयोग के बारे में जागरूक और संवेदनशील बनाने के लिए कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं कुल्लू के ढालपुर में हुए एक कार्यकम में एडीएम अक्षय सूद ने लोगों से यातायात के नियमों का पालन करने और वाहन सावधानी पूर्वक चलाने की अपील की सिरमौर ज़िला के नाहन में उपायुक्त ललित जैन की अध्यक्षता में सड़क सुरक्षा सप्ताह के आयोजन को लेकर एक बैठक की गई उन्होंने परिवहन विभाग को सड़क सुरक्षा के बारे में लोगों को जागरूक करने के निर्देश दिए

पार्टी महासचिव चंद्रमोहन ठाक्र ने आज शिमला में इस संबंध में कार्यकर्ताओं को जरूरी दिशा निर्देश दिए उन्होंने बताया कि कार्यसमिति की बैठक की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सत्ती करेंगे जबकि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और प्रदेश लोकसभा चुनाव प्रभारी तीरथ सिंह रावत विशेष रूप से मौजूद रहेंगे